सुपर साइक्लोन अम्पन से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एस एन प्रधान ने कहा कि केन द्र अम्पबन च क्रवात से निपटने की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है श्री प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने पिछले दो दिनों में दो बार बैठकें की हैं उन्होंन बताया कि पष्विम बंगाल और उड़िसा में एनडीआरएफ की इक्कतालीस टीमें तैनात की गई हैं साथ ही लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालने का काम जारी है

तूफान के कारण आज तड़के ओड़िसा के तटीय क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो गई है वर्षा धीरे धीरे और तेज होने का अनुमान है और आज रात तथा कल दोपहर मूसलाधार बारिश होने की आशंका है पश्चिम बंगाल के तटीय गांगेय जिलों में आज से अनेक स्थानों पर हल्की से सामान्यत वर्षा होने की संभावना है

आज जमषेदपुर में राजधानी एक्सप्रेस से लौटे एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर लातेहार में भी एक नया मामला सामने आया है यहां कल दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे इस तरह जिले में कोरोना सं क्रमितों की संख्या चार हो गयी है

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए हो रहे खर्च में अनियमितता का आरोप लगाया है

उन्होंने सरकार से कोरोना की जांच दर घटाने और भोजन की दर को बढ़ाने की मांग की है झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक कल दोपहर तीन बजे से प्रोजक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इसकी जानकारी दी

हेमंत सोरेंन के नेतृत्व में राज्य सरकार अब मजदूरो के लिये अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है दूसरे राज्यो में फसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार उनके घर तक पहुंचाने के लिय वचनबद्ध है

केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि उनके विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें इस आदेश से सरकारी और निजी कार्यस्थलों में तथा उनके आसपास बदलाव होने की संभावना है इस आदेश के तहत सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देशों में मंत्रालय ने कहा कि जहां तक संभव हो घर से काम करने की आदत अपनानी चाहिए कार्यस्थलों के सभी प्रभारी अधिकारी कामगारों के बीच पर्याप्त दूरी दो शि फ ट के बीच पर्याप्त समय अंतराल और कर्मचारियों के लिए अलग अलग भोजनावकाश कें जरिये सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करेंगे

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं

परिवहन विभाग की ओर से कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला और अंतरजिला में टैक्सी को भाड़े पर चलाने की भी छूट दी गई है कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की थी

साथ ही हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें किताब और स्टेषनरी की दुकानें भी खुलेंगी खुदरा षराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है

घटना पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुखद घटना है उन्होंने घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से घायल लोगों की मदद के लिए आग्रह किया है साथ ही राज्य को ऑर्डिनेटर को निर्देश दिया कि घायल लोगों की मदद और झारखण्ड वापसी के लिए सोलापुर प्र शासन से संपर्क स्थापित करें वहीं दूसरा हादसा धनबाद के तोपचांची राजगंज एनएच दो पर हुआ सड़क हादसे में ट्र क पर सवार होकर अपने घर लौट रहे एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य प्रवासी मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया है जिसे धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती किया गया है

इधर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने विभिन्न राज्यों को तीन हजार एक सौ संतावन रेल रैक के जरिये अठासी लाख टन अनाज भेजा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित एक सौ बीस लाख टन अनाज में से लगभग सत्तासी लाख टन अनाज का उठाव राज्यों ने कर लिया है

बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर जिला प्र शासन द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी प्रवासी मजदूरों और नागरिकों को पर्योप्त वाहनों के माध्यम से उनके जिले भेजा

विशेष ट्रेन से बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जिले के अपर समाहर्ता श्री जुगन मिंज अनुमंडल पदाधिकारी कीर्तिश्री जी अंचल अधिकारी पतरात निर्भय कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म सहित पूरे रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर प्लेटफार्म पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों को जिला वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकालने का निर्देश दिया

आज धनबाद के तोपचांची राजगंज एनएच दो पर हुए सड़क हादसे में ट्र क पर सवार होकर अपने घर लौट रहे एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य प्रवासी मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया है

देवघर जिले के आइसीआईसीआई बैंक खाताधारकों से एक करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आज चार अन्य साइबर अपराधियों की गिरफ तारी की है

गुमला पुलिस ने बीस दिन पूर्व घाघरा थाना क्षेत्र के चपका गांव में हुई डकैती व लूटपाट मामले का उद्भेदन करते हुए तीन लोगों को गिर पतार किया है पुलिस अधीक्षक हृ दीप पी जनार्दन ने पत्रकारों को बताया कि इस घटना में और दो लोग शामिल थे जिसकी पहचान कर ली गई है